प्रधानमंत्री ने सोल शांति पुरस्कार दो हजार अट्ठारह किया ग्रहण भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद और आतंकी गुटों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को बांटे स्मार्ट फोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लोगों की समस्याओं को तेजी से हल करने का किया आहवान आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक बारह लाख से अधिक लोगों ने कराया मुफ्त इलाज रो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व समुदाय के लिए शब्दों से आगे बढ़कर आतंकवाद की समस्या के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का समय आ गया है सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे ईन के साथ प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं आज भारत के गृहमंत्रालय और कोरिया के राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ एफओयू हमारे काउंटर टेरिरिज्म सहयोग को और आगे बढ़ायेगा और अब समय आ गया है कि वैरिवक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे प्रधानमंत्री ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत को अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति मून को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने भारत में रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश के लिए कोरिया की कंपनियों को आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि दोनों देश दो हजार तीस तक आपसी व्यापार पचास अरब डॉलर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं

इन्कास्ट्रक्वर पोर्ट लेड डेवलेपमेंट मरीन और फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप्स और स्मॉल और मीडियम एन्टएप्राइजिस जैसे सेक्टर्स में हम अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं दोनों देशों ने स्टार्ट अप अंतर्राष्ट्रीय अपराध तथा प्रसार भारती और कोरियाई प्रसारण प्रणाली के बीच सहयोग सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये दोनों देशों के प्रसारकों के बीच समझौते से दक्षिण कोरिया में डीडी इंडिया तथा भारत में केबीएस वर्लड चैनल के प्रसारण का रास्ता खुलेगा प्रधानमंत्री ने सोल में एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित सोल शांति पुरस्कार दो हजार अट्ठारह ग्रहण किया पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्री मोदी के योगदान की सराहना की और कहा कि गरीब और अमीर के बीच सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में कमी लाने का श्रेय मोदीनोमिक्स को जाता है प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सोल शांति पुरस्कार की एक करोड़ तीस लाख रूपये की राशि नमामि गंगे कोष को दी जाएगी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के मार्गदर्शन में देश ने जबरदस्त प्रगति की है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि वे आतंकवाद के साजिशकर्ताओं उसको अंजाम देने वालों धन उपलब्ध कराने वालों और प्रायोजकों को सजा दिलाने में भारत के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करें चीन सहित पन्द्रह सदस्यो वाली सुरक्षा परिषद ने एक बयान में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमलों की कड़ी निन्दा की है पिछले हफ्ते हुए इस हमले में सीआरपीएफ के चालिस जवान शहीद हो गये थे निन्दा प्रस्ताव में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद का भी नाम लिया गया जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है परिषद ने प्रतिबद्वता व्यक्त की कि किसी भी प्रकार का आंतकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरस ने हमले की कड़ी निन्दा की और इसके जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने का आह्वान किया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत को समर्थन दिया है जम्मू कश्मीर के वारपोरा सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ चौबीस घंटे तक चली मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए है वरिष्ठ सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि मारे गए आतंकवादियों का सम्बन्ध जैश एमोहम्मद गुट से था उधर प्रदेश में आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस ने कल सहारनपुर जिले के देवबंद से दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लखनऊ में मीडिया को बताया कि ये आतंकवादी स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए संगठन में भर्ती करते दो सॉदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है जिनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है ये दोनों कश्मीरी हैं और उनके नाम हैं शहनवाज वो जिला कुलग्राम का रहने वाला है और एक द्रसरा साथी है आकिब अहमद मलिक वो कुलवामा का रहने वाला है से से भी में भी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपालो और राजस्व निरीक्षकों से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों विशेष कर किसानों की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने का आह्वान किया कल लखनऊ में लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को स्मार्ट फोन वितरित किये जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट फोन मिलने के बाद उपज के आंकड़ों के एकत्रीकरण किसानों के बीमा से जुड़े दावों और विभिन्न प्रमाण पत्रों के जारी किये जाने में तेजी आयेगी प्रदेश सरकार ने राज्य में चौबीस हजार नौ सौ सोलह लेखपालों और तीन हजार पांच सौ अठ्हत्तर राजस्व निरीक्षकों को स्मार्ट फोन दिये जाने का फैंसला किया है निर्वाचन आयोग ने दिल्ली पुलिस को आगामी लोकसभा चुनाव में विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए ऑनलाईन मतदान अधिकार के बारे में चलाये जा रहे फर्जी समाचार की जांच करने को कहा है अपनी शिकायत में आयोग ने कहा है कि जनता को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर उसके प्रतीक चिह्न का इस्तेमाल किया जा रहा है आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस तरह की सुविधा अप्रवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध नहीं है आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक देशभर में बारह लाख से अधिक लोग मुफ्त में इलाज करा चुके हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत देश में दस हजार से अधिक स्वास्थ्य और संपूर्ण विकित्सा केंद्र काम कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन केंद्रों में तीस वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के कुल एक करोड़ तीस लाख लोगों की सामान्य गैर संचारी रोगों के लिए जांच की गई है बच्चों में कृमि संक्रमण से बचाव के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी पच्चीस फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जायेगा इस अवसर पर प्रदेश के पच्चीस जनपदों में एक से उन्नीस साल तक के लगभग दो करोड़ पच्चीस लाख बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि नाशक एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जायेंगी दवाई खिलाने का यह अभियान सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित अन्य स्थलों पर चलाया जायेगा लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि दो साल तक के बच्चों को दो सौ मिलीग्राम यानी आधी गोली और दो वर्ष से ऊपर के लोगों को चार सौ मिलीग्राम एल्बेंडाजोल की पूरी गोली पीस कर खिलाई जायेगी कार्यक्रम से जुड़े एमसीएच के निदेशक डॉक्टर सुरेश चन्द्रा ने बताया कि कृमि नाशक दवा खाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है प्रयागराज में चल रहे कुंभ में दुनिया भर के लगभग एक सौ पच्चासी देशों के दो सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने संगम पर पवित्र डुबकी लगाई उन्होंने कुंभ मेले में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी अवलोकन किया

इसका उदेश्य विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराना और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजब्रत बनाना है सभी विदेशी मेहमानों ने संगम में स्नान के साथ अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन किये

प्रमुख शाही स्नानों के समाप्त होने के बाद अब अखाड़ों की धर्मध्वजा कुंभ से उतरनी शुरू हो गई है और संत महात्मा धीरे धीरे संगम से विदा हो रहे हैं

से से राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगद्गुरू रामानन्दाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य के निधन पर गहरा शोक जताया है स्वामी हंसदेवाचार्य को श्रद्वांजलि देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि वह एक वरिष्ठ संत थे जिनके बड़ी संख्या में शिष्य और भक्त हैं स्वामी हंसदेवाचार्य पिछले दिनों उन्नाव मे हुये एक सड़क हादसे में घायल हो गये थे कल लखनऊ स्थित संजय गांधी चिकित्सा संस्थान में इलाज के दौरान इनका निधन हो गया था